उन्होंने कहा कि संकमण की चेन तोड़ने में मेडिकल टेस्टिंग की महत्वपूर्ण भूमिका ह

मुख्यमंत्री ने गोरखपुर वाराणसी आजमगढ़ प्रयागराज और मेरठ में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि इन जिलों की चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाये

उन्होंने नवम्बर माह में यातायात सुरक्षा के संबंध में विशेष अभियान संचालित करने के निर्देश भी दिये

उन्होंने लोगों को मॉस्क वितरित कर हाथों को सेनेटाइज करने और उचित दूरी बनाये रखने की अपील को बाइट अभी वायरस का खतरा टला नहीं है जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हमें जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है सोशल डिस्टेंसिंग है फेस को कवर करना है मॉस्क को लगाना है और सेनेटाइजर लेकर ही घर से बाहर निकलना है इन बातों ध्यान रखना है हमारी जरा सी भी लापरवाही हमारे प्रियजनों पर भारी पड़ सकती है दो गज की दूरी मॉस्क अभी भी है जरूरी लोकसभा सांसद जगदम्बिका पाल ने प्रधानमंत्री द्वारा कोरोना वायरस के संकमण को रोकने के लिए शुरू किये गये जन आन्दोलन अभियान की सराहना करते हुए लोगों से इससे जुड़ने की अपील की है श्री पाल ने कहा कि जब आज के समय में कोरोना महामारी पूरी दुनिया में फैली है अभी तक इस महामारी का कोई टीका इजात नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग और हाईजीन के माध्यम से ही इस पर काबू पाया जा सकता है बाइट प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना वायरस के संकमण लोगों की जिंदगी की हिफाजत के लिए जन आन्दोलन अभियान की शुरूआत की है मैं प्रदेश की और देश की भी जनता से अपील करना चाहूंगा कि खतरा टली नहीं कोरोना का इसलिए इसको लापरवाही कतई नहीं करने की जरूरत है लगातार हमेशा मॉस्क रखना चाहिए और मॉस्क को लगा करके बाहर सार्वजनिक स्थानों पर निकलना चाहिए और दो गज की दूरी हमेशा बना करके ही पब्लिक प्लेसेस पे आदमी अपनी हिफाजत कर सकता है और साबुन से बार बार हाथ धोये इसलिए मैं सबसे अपील करूँगा कि तीनों बाते जो प्रधानमंत्री जी ने अपने जन आन्दोलन अभियान में कहा है इसको जीवन में स्वीकार कर लें

अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद आज लखनऊ में प्रेसवार्ता में यह जानकारी दी

उत्तर प्रदश देश में सबसे ज्यादा सैम्पल टेस्ट करने वाला प्रदेश है

मुख्यमंत्री कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यकमों में व्यापक जन सहभागिता सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को विपक्ष की विभाजनकारी नीतियों से सावधान रहने की अपील करते हुए कहा कि विपक्षी दल समाज को बांटने के लिए ओछी राजनीति कर रहे हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में चौतरफा विकास हो रहा है उन्होंने कहा कि देवरिया में चीनी मिलों का मामला अदालत में चल रहा है फैसला आते ही यहां भी आधुनिक चीनी मिलें बनाई जायेंगी इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत का गौरव विश्व में बढ़ा है वहीं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है

राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत सितम्बर माह में मनाए गये पोषण माह की गतिविधियों में पीलीभीत जनपद प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है जिलाधिकारी पुलकित खरे ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि जनपद को कुपोषणमुक्त कराने के लिए हम सब प्रयासरत हैं

ऑनलाइन पोषण पंचायतें और वेबिनार आयोजित करके भी कुपोषण के प्रति जागरूक किया गया जिलाधिकारी प्रलकित खरे ने बताया

उनके पुत्र चिराग पासवान ने पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी

श्री पासवान का बहस्पतिवार को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया था

पुलिस महानिदेशक ने बताया कि महिला एवं बच्चों की सुरक्षा एवं उनके द्वारा दर्ज शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये गये हैं प्रदेश के ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास विभाग मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह मोती सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत छूटे हुए लाभार्थियों को आवास प्लस योजना के अन्तर्गत आवास उपलब्ध कराया जायेगा उन्होंने प्रतापगढ़ में कहा कि अब कोई भी पात्र लाभार्थी आवास से वंचित नहीं रहेगा